इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आगरा देश के उन शहरों में शामिल है जहां स्मार्ट सिटी सेवायें विकसित हो रही हैं आने वाले समय में यह पर्यटन के क्षेत्र का बड़ा आकर्षण बन सकता है उन्होंने कहा कि पर्यटकों को जब यह पता चलेगा कि उन्हें आगरा में गंगा जल पीने का सौमाग्य मिलेगा तो वह यहां ज्यादा दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आगरा में गंगा जल परियोजना की मांग वर्षो पुरानी थी जो आज पूरी हो गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि हरेक गरीब व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जिए और उसे सभी संभव अवसर प्राप्त हों आज महाराष्ट्र के शोलापुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्वांत के लिए प्रतिबद्ध है लोकसभा में सामान्य वर्ग के कमजोर तबकों के लिए शिक्षा और रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी एक सौ चौबीसवे संविधान संशोधन के पारित होने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में युगांतकारी कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अन्य वर्गो के आरक्षण को बिना छेड़े सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक के बारे में बोलते हए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों की भी रक्षा की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कल लोकसभा में पारित दोनों विधेयक आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएंगे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती देते हए कहा कि वह राफाल सौदे पर क्रिश्चियन मिशेल से अपने संबंधों के बारे में ख्लासा करे उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है लेकिन इसके बावजूद वे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे राज्यसभा में आज शोरगुल के बीच संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है यह एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस है इसके तहत सीधी भर्तियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है विधेयक को लोकसभा ने कल पारित कर दिया था राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इससे देश के गरीब लोगों का उत्थान होगा उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समान्य वर्ग के कमजोर लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण करना है थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि आतंकवाद एक खूंखार राक्षस की तरह अपने पैर फैला रहा है नई दिल्ली में आज रायसीना संवाद के दौरान एक परिचर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि यह तब तक बना रहेगा जब तक कुछ देश अपनी नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करते रहेंगे जनरल रावत ने कहा कि आतंकवाद युद्व के एक नये प्रारूप के रूप में उभरकर आया है और ज्यादातर कमजोर देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रमुता को बनाये रखने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि सीमा संबंधी अनसुलझे मुद्दे हिंसा तथा शत्रुता से मुक्त वातावरण में आपसी बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित था और आज कोई भी बड़ा या छोटा देश इसके खतरे से मुक्त नहीं है केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने न सिर्फ रेलवे में निवेश बढ़ाया है बल्कि यात्री सुविधाओं के लिये भी बड़ा काम किया है सरकार ने रेल लाइन का शत् प्रतिशत विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा श्री सिन्हा आज सीतापुर ऐशबाग रेलखण्ड के अमान परिवर्तन के अवसर पर खैराबाद स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सीतापुर ऐशबाग रेलखण्ड पर आज से शुरू हो रहे बड़ी लाइन की गाड़ियों के संचलन का शुभारम्म किया रेल राज्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सीतापूर से दिल्ली तक जाने वाली गाड़ी का संचालन भी शुरू हो जायेगा इसके अतिरिक्त सीतापूर से मैलानी रेलखण्ड पर चल रहे कार्य को शीघ्रता से पूरा करते हुये मैलानी तक ट्रेन चलायी जायेगी संसद का बजट अधिवेशन इकतीस जनवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगा

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज दोपहर नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया विश्व आर्थिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार तीस तक भारत का उपमोक्ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा रिपोर्ट के अनुसार तब तक भारत का उपभोक्ता बाजार मौजूदा पन्द्रह खरब अमरीकी डालर से बढ़कर साठ खरब अमरीकी डालर हो जायेगा